एक करोड़ पैंतीस लाख रूपये की अवैध सम्पत्ति का हुआ खुलासा

देशभर के निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी इसका लाभ आरक्षण के दायरे में आने वाले अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को मिलेगा पहले यह व्यवस्था सिर्फ सरकारी शिक्षण संस्थानों में लागू थी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी और एआईसीटीई की बैठक में यह फैसला किया गया बैठक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर आदेश जारी कर दिया जायेगा साथ ही संसद को भी इसकी जानकारी दी जायेगी उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में चालू शैक्षणिक सत्र से पच्चीस प्रतिशत सीट बढ़ाने का फैसला किया गया है श्री जावड़ेकर ने कहा है कि देशभर के नौ सौ विश्वविद्यालय और चालीस हजार कॉलेजों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण इसी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जायेगा केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से सहायता प्राप्त तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में सातवां वेतनमान देने का फैसला किया है इससे उनतीस हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ होगा मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एक जनवरी दो हजार सोलह से इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस के बीच एरियर की राशि का भुगतान भी केन्द्र सरकार करेगी मोतिहारी स्थित बाल गृह और महिला सुधार गृह कांड की जांच सीबीआई करेगी इस संबंध में जांच एजेंसी को केस का चार्ज लेने का निर्देश जारी किया गया है जोनल आईजी सुनील कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभागीय प्रक्रिया पूरी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के उन सभी आश्रय गृहों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जा रहा है जहां बच्चों और लड़कियों के साथ शोषण और अनियमितता के मामले सामने आये थे इधर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पंजाब स्थित पटियाला जेल में घंटों पूछताछ की है निगरानी जांच ब्यूरो की एक विशेष टीम ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक संजय कुमार सिंह के पटना स्थित कार्यालय और आवास पर छापेमारी की है सूत्रों ने बताया कि इस दौरान जांच टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं लगभग एक करोड़ पैंतीस लाख रूपये की अवैध सम्पत्ति का खुलासा हुआ है जो आय से सात गुना अधिक है साथ ही इस बात का भी पता चला है कि संजय कुमार सिंह जब से सेवा में आये हैं तब से उन्होंने सैलरी एकाउंट से नाम मात्र की निकासी की है केन्द्र सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रदेश के दूसरे एम्स के निर्माण के राज्य सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि डीएमसीएच परिसर को एम्स के रूप में विकसित करना मुश्किल है इस संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि डीएमसीएच निचले हिस्से में बना हुआ है इसलिए बाढ़ और बरसात के समय काफी दिक्कत होगी वहीं अस्पताल की इमारतें हेरिटेज बिल्डिंग घोषित हो चुकी हैं इसलिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता है पत्र में दरभंगा या किसी अन्य जगह एम्स निर्माण के लिए फिर से प्रस्ताव भेजने को कहा गया है राज्य सरकार ने उत्तर बिहार के सभी जिलों में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आने वाली मछलियों की बिक्री पर पन्द्रह दिनों के लिए रोक लगा दी है इन मछलियों के नमूनों में कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन फॉर्मलिन की पुष्टि के बाद यह फैसला किया गया है इससे पूर्व पटना नगर निगम क्षेत्र में भी बाहर से आने वाली मछलियों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगायी गयी थी इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पटना में जिंदा मछलियों की बिक्री पर लगी रोक हटाने पर विभाग विचार कर रहा है पटना स्थित जैविक उद्यान सहित अन्य क्षेत्रों से मृत पक्षियों के भेजे गये दूसरे नमूने में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है पुशपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर दिवाकर प्रसाद ने बताया कि भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान से रिपोर्ट आ गयी है उन्होंने बताया कि बिक्रम स्थित एक पॉल्ट्री फॉर्म से भेजे गये नमूने में भी रिपोर्ट निगेटिव आई है इधर जैविक उद्यान के निदेशक अमित कुमार ने बताया कि रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अब उद्यान को आम दर्शकों के लिए खोलने में कोई दिक्कत नहीं है उन्होंने बताया कि एक बार फिर पक्षियों और मिट्टी के नमूने जांच के लिए भेजे गये हैं प्रदेश में दो पहिया और तीन पहिया वाहनों की प्रदूषण जांच अब मंहगी हो गयी है दो पहिया वाहनों के लिए अब पचास रूपये की जगह अस्सी रूपये और तीन पहिया वाहनों के लिए अस्सी रूपये की जगह सौ रूपये देने होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी वहीं कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में दो हजार एक सौ बयालीस पदों पर भर्ती की मंजूरी दी इसके साथ ही रक्सौल सिकहरना गोगरी वीरपुर और त्रिवेणीगंज में पचास पचास बेड वाले अस्पतालों के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई कैबिनेट ने औरंगाबाद में जलापूर्ति योजना के लिए तेरह हजार पांच सौ बयालीस करोड़ रूपये मंजूर किये हैं शराब कारोबार के आरोप में निलंबित किये गये मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने देर रात पटना के दनियावां के चौरा गांव और गर्दनीबाग में छापेमारी की सूत्रों ने बताया कि इस दौरान उनके आवास से दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है इधर मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने सदर थानाध्यक्ष को शराब रखने और बेचने के आरोप में निलंबित कर दिया है पिछले दिनों उसका शराब बेचते हुये एक वीडियो वायरल हुआ था वहीं जिले में पदस्थापित बिहार पुलिस के एक जवान हरेराम प्रसाद को शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है प्रदेश में पछुआ हवा चलने से न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के कारण लोगों को अगले दो दिनों तक ठंड के साथ साथ कनकनी का भी सामना करना पड़ेगा विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज दिन में धूप खिलने के बावजूद लोगों को पछुआ हवा के कारण ठंड का एहसास होगा दिन में पन्द्रह से अठारह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र अन्तर्ग गुरूदबाद में नक्सलियों ने दो लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि मुखबिरी के आरोप में इस घटना को अंजाम दिया गया है इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है इधर वैशाली जिले के जन्दाहा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक व्यवसायी और दो किसानों की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने पांच नक्सलियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है यह परीक्षा पच्चीस जनवरी तक चलेगी बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड कार्यालय के पास लावारिस खड़े एक ट्रक से पुलिस ने चार सौ कार्टन शराब बरामद की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने केन्द्र सरकार के फैसले को प्रमुखता देते हुये लिखा है उच्च शिक्षण संस्थानों में इसी सत्र से पच्चीस फीसदी सीटें बढ़ेंगी दैनिक जागरण की सुर्खी है वाहन प्रदूषण जांच हुई मंहगी प्रदूषण जांच केन्द्र चलाने वालों का बढ़ा भत्ता दैनिक भास्कर ने लिखा है उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक के ऑफिस और घर पर छापे आय से सात गुना अधिक सम्पत्ति मिली पांच साल से वेतन छुआ तक नहीं प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है सवर्ण आरक्षण से किसी तरह का एतराज नहीं राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है लूट पर रोक लगायी तो हटाने की साजिश आज ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है पहली कक्षा के तिरपन दशमलव नौ प्रतिशत अक्षर और बयालीस दशमलव सात प्रतिशत बच्चे अंक नहीं पहचानते और अब अंत में मुख्य समाचार केन्द्र सरकार ने कहा निजी शिक्षण संस्थानों में भी लागू होगा आरक्षण

एक करोड़ पैंतीस लाख रूपये की अवैध सम्पत्ति का हुआ खुलासा